चिदम्बरम उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को अव्यावहारिक करार देते हुए खारिज कर दिया है न्यायालय ने कहा कि श्री चिदम्बरम की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी संबंधित याचिका अव्यावहारिक हो चुकी है शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई करते वक़्त दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी

भारी बारिश के चलते भोपाल बैतूल मार्ग सुबह से बंद है जिला कलेक्टर तेजस्वी नायक ने ताप्ती एंव माचना नदी क्षेत्र की बस्तियों का दौरा किया विदिशा में बांधों से छोड़े जा रहे पानी से बेतवा सगड़ और छोटी नदियां उफान पर आ गई हैं बेतवा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं गंजबासौदा के पास बर्री पर बेतवा का पानी आ गया है बुरहानपुर में भी लगातार बारिश से ताप्ती नदी का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है उधर बड़वानी में नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्र में बने बाधों से पानी छोड़े जाने के चलते जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है

महाकाल सवारी उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की अंतिम शाही सवारी निकाली जाएगी

महाकाल की सवारी के साथ घुड़सवार नगर सैनिक विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियां और पुलिस बैंड के अतिरिक्त भजन मंडलियां भी सम्मिलित होती हैं पालकी में भगवान श्री चन्द्रमौलेश्वर हाथी पर श्री मनमहेश दल बल के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे महाकाल की सवारी के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं साफ सफाई विद्युत पेयजल आदि की व्यवस्थाएं भी की गई है महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भादौ माह में शाही सवारी तक प्रतिवर्षानुसार भगवान के भस्म आरती में पट खुलने के समय में परिवर्तन किया गया था

महाकालेश्वर मंदिर में प्राचीन परपंरानुसार श्रावण महोत्सव डेढ माह तक मनाया जाता है और श्रावण एवं भादौ के प्रत्येक सोमवार को सवारी निकालने की परंपरा है

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पीवी सिंध् को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी है